बाजारों को सप्ताह में सोमवार से शक्रवार तक केवल पांच दिनों के लिए खोला जाएगा साप्ताहिक बंदी के दौरान सभी बाजारों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इस सम्बंध में निर्देश जारी किया उन्होंने कहा कि सप्ताहांत पर बंदी के दौरान औद्योगिक इकाइयां अपने यहां सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगी मुख्यमंत्री ने वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यो जैसे एक्सप्रेस वे बांघ बाढ़ के दृष्टिगत तटबंवों की मरम्मत को सामाजिक दूरी के नियम का अन्पालन करते हए जारी रखने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के नमूनों की जांच क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन पचास हजार किया जाए उन्होंने गोरखपुर के मंडलायक्त को मंडल के सभी जनपदों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम व संचारी रोगों के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियानों की प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर नगर देवरिया कुशीनगर बलिया और वाराणसी में विशेष सतर्कता बरती जाए श्री योगी ने कहा कि कोविड नाइन्टीन से बचाव के उपायों के बारे में निरन्तर लोगों को जागरूक किया जाए उन्होंने लोगों से मास्क का उपयोग करने और समय समय पर साबन पानी से हाथ धोने की अपील की है प्रदेश में शुक्रवार रात दस बजे से लागू विभिन्न प्रतिबंध कल सुबह पांच बजे तक जारी रहेंगे प्रतिबंधों के दौरान राज्य में सभी कार्यालय बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं इस दौरान स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है गोरखपुर वाराणसी अयोध्या बस्ती समेत सभी जनपदों में व्यापक स्तर पर साफ सफाई के कार्य किए जा रहे हैं उधर कोविड नाइन्टीन पर नियंत्रण के लिए जनपदों में भेजे गए नोडल अधिकारियों जिलाधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने आज भी भ्रमण कर सैनिटाइजेशन कार्यो का निरीक्षण किया नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के हॉटस्पॉट इलाकों में व्यापक रूप से साफ सफाई और विषाणुनाशक रसायन का छिडकाव किया गया पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान कोरोना संक्रमित हो गए हैं उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया गया है वे प्रदेश मंत्रिमंडल में सैनिक कल्याण होमगार्ड पीआरडी और सिविल सुरक्षा मंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छब्बीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड़सठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डॉयल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जी ओ वी पर संदेश लिख सकते हैं प्रदेश के विभिन्न इलाकों में टिड्डी दलों ने बडे पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है कृषि विमाग ने टिड्डियों के प्रकोप से बचने के लिए किसानों को जरूरी सलाह दी है हमारे संवाददाता ने बताया कि सीतापुर जिले में कल पहंचे टिड्डी दल ने वहां की चार तहसीलों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया

किसानों और कृषि विमाग के अधिकारियों ने मिलकर दिड्डी रत को खेतों में थाती हम और अन्य आवाज करने वाले तरीके अपनाकर खेतों से खदेड़ा दिया कृषि किमाग के अनुसार यह टिड्डी दल हरदोई जनपद की तरफ से आया था और अब यह बहराइच जनपद की तरह चला गया है जहां किसानों को सतर्क कर दिया गया है एक दिड्डी दल उन्नाव जनपद के सफीपुर ब्लॉक में कल देखा गया जहां पर कृषि विभाग ने इस पर कीटनासकों का छिड़काव किया एक अन्य दल एटा जनपद से उड़ता हुआ फर्रुखाबाद और कन्नौज जनपद की तरफ जाते देखा गया एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश सरकार ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है सरकार की ओर जारी अधिसुचना के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश शशिकांत अग्रवाल इस आयोग के अध्यक्ष होंगे आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा आयोग अधिसूचना जारी होने के दो महीने के भीतर अपनी जांच पूरी जांच करेगा प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि आयोग विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा दो तीन जुलाई की रात को की गयी घटना की जांच करेगा इस घटना में आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और कई अन्य घायल हए थे इसके साथ ही आयोग दस जुलाई को पुलिस और विकास दुबे के बीच हुई मुठभेड़ की भी गहनता से जांच करेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक दिन पूर्व ही विकास दुबे और उसके साथियों से जुड़े मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया है